राज्य में बदला मौसम का मिजाज कई स्थानों पर आज सुबह हुई हल्की बरसात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

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड टीकाकरण अभियान के रिहर्सल की तैयारियों की समीक्षा की डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि ड्राई रन एक तरह से टीकाकरण का पूर्वाभ्यास है ताकि शुरू में ही इसमें आने वाली दिक्कतों का पता लगाया जा सके बैठक के दौरान डॉ हर्षवर्धन को सभी राज्यों के अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण की पूरी व्यवस्था हो चुकी है

कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास का मकसद कोविड के तहत वास्तविक स्थितियों में टीकाकरण तैयारियों का आकलन करना है

जिन जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाना है उनमें भीलवाड़ा जयपुर करौली अजमेर बांसवाड़ा जोधपुर और बीकानेर जिले शामिल हैं इन सभी जिलों में पूरी तैयारियां की जा चुकी है

ये उड़ानें केवल दिल्ली मुम्बई बेंगलुरू और हैदराबाद से संचालित की जायेंगी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

इसके लिए पुलिस कर्मियों के आरएफआईडी कार्ड बनाए जाएंगे

घायलों का इलाज जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में चल रहा है कार में सवार ये सभी लोग जयपुर से जैसलमेर जा रहे थे

वहीं तेज हवाओं के चलने से सर्दी का असर भी तेज हो गया है करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल रात से ही बरसात हो रही है सवाई माधोपुर में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई वहीं चूरू में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है वहां कई गांवों में अच्छी बारिश हुई

वहीं दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बरसात होने से किसान काफी खुश हैं यह बारिश सरसों चना ग्रेहूं जौ और तारामीरा की फसलों के लिए फायदेमंद होगी मौसम विभाग ने कोटा ब्रंदी धौलपुर भरतपुर करौली सवाई माधोपुर टोंक और दौसा में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई है

उन्होंने ये उंचाई दो दिन में तय की